इन्दौर से अगले महीने शुरू होंगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने

कल शाम नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर हुई भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया श्री नड्डा भाजपा सदस्यता अभियान और संगठन के चुनावों के संपन्न होने तक कार्यकारी अध्यक्ष बने रहेंगे वरिष्ठ पार्टी नेता राजनाथ सिंह ने बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि पार्टी ने अमित शाह के नेतृत्व में कई चुनाव जीते अमित शाह के गृहमंत्री बनने के बाद उन्होंने स्वयं ही पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसी और को सौंपने की बात कही थी जिसका स्वागत संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों ने किया लोकसभा सत्र नवनिर्वाचित लोकसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन है आज भी सदस्यों के शपथ ग्रहण का सिलसिला जारी रहेगा टीकमगढ़ से सांसद और अस्थाई अध्यक्ष डॉ वीरेन्द्र कुमार खटीक नवनिर्वाचित सदस्यों को पद की शपथ दिलायेंगे कल प्रधानमंत्री तथा सदन के नेता नरेन्द्र मोदी राजनाथ सिंह अमित शाह नितिन गडकरी डीवी सदानन्द गौड़ा हरसिमरत कौर बादल रविशंकर प्रसाद संतोष गंगवार स्मृति ईरानी राहुल गांधी सहित कई सदस्यों ने शपथ ग्रहण की थी लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कल होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों को गुरुवार को संबोधित करेंगे जबकि कोन्द्रीय बजट अगले महीने की पांच तारीख को प्रस्तुत किया जाएगा अपराध सेट अप राज्य सरकार ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए एक सेट अप का प्रस्ताव तैयार किया है इस सेट अप में जाँच अधिकारी कानूनी सलाहकार अभियोजक और काउंसलर के अलावा डीएनए लेब और मोबाइल फोरेंसिक टीम शामिल होंगे

श्री नाथ ने पत्र में कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों से निपटने के लिए महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जाँच उपकरणों की खरीद बल और डॉग स्क्वाड के पुनर्गठन के लिए एक सेल का गठन करना होगा इसके लिए तकनीकी रूप से कुशल मानव संसाधन गश्ती वाहनों और कार्यालय भवनों की आवश्यकता होगी

विधि विधायी कार्य मंत्री पीसी शर्मा ने बताया है कि अध्यादेश राष्ट्रपति के पूर्व अनुदेश के लिये गृह मंत्रालय के जरिए भेजा गया है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अध्यादेश को प्रदेश में लागू कर दिया जायेगा एनसीएलटी केंद्रीय विधि मंत्रालय ने इंदौर में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी की बेंच शुरू करने की मंजूरी दे दी है इसके लिए आईडीए ने जगह भी उपलब्ध करवा दी है

पहले कंपनियों को अहमदाबाद स्थित बेंच जाना पड़ता था टाइगर सफारी रीवा के मुकंदपुर की तर्ज पर जबलपुर में भी टाइगर सफारी का निर्माण कराया जाएगा इमना नेचर रिज़र्व में टाइगर सफारी बनाने की योजना पर वित्तमंत्री तरुण भनोत ने कल अधिकारियों के साथ बैठक की और सम्पूर्ण पार्क का निरीक्षण भी किया वित्तमंत्री ने अधिकारियों को सफारी की डीपीआर बनाने के निर्देश दिए हैं बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि डुमना नेचर पार्क के आस पास के जंगलों को भी पार्क से जोड़ने की योजना तैयार की जाए ताकि वन जीवों को सुरक्षित तरीके से विचरण करने में कोई असुविधा न हो एलीवेटेड कॉरिडोर लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इंदौर शहर के लिये स्वीकृत एलीवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिये हैं श्री वर्मा कल इंदौर में विभागीय अधिकारियों की बैठक ले रहे थे

उन्होंने निर्माण कार्यों में बाधित अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये श्री वर्मा ने कहा कि निर्माण कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के लिये संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें

अब नियमों के आधार पर मेरिट लिस्ट फिर से जारी होगी

उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने ट्वीट कर न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है

एयर इंडिया की यह फ्लाइट इंदौर से दुबई के लिए उड़ान भरेगी

कल से एयर इंडिया ने टिकटों की बिक्री शुरू कर दी है एयर इंडिया द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार यह फ्लाइट इंदौर से सप्ताह में तीन दिन सोमवार बुधवार और शुक्रवार को रवाना होगी करीब ढाई घंटे के इस सफर के बाद विमान अगले दिन दुबई से इंदौर की उड़ान भरेगा

केंद्र सरकार ने इंदौर एयरपोर्ट पर इमीग्रेशन चेक पोस्ट की अनुमति देकर यहां से इंटरनेशनल फ्लाइट की औपचारिक मंजूरी दे दी थी योग दिवस विश्व योग दिवस को लेकर हमारी विशेष श्रंखला दो मिनट में योग में आज आपको अर्धचकास के बारे में जानकारी दी जा रही है

आज मैनचेस्टर में इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला होगा

मौसम प्रदेश के कई हिस्सो में पिछले कुछ दिनों में प्री मॉनसून गतिविधियों से तापमान में गिरावट आई है हांलाकि उमस से लोग अभी भी परेशान हैं मौसम विभाग ने आज उमरिया अनुपपुर शहडोल डिण्डोरी छिंदवाड़ा जबलपुर मंडला बालाघाट नरसिंहपुर सिवनी कटनी पन्ना सागर टीकमगढ़ दमोह छतरपुर खजुराहो श्योपुर मुरैना भिंड रीवा सतना सीधी और सिंगरौली जिलों में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है समाचार संक्षेप में जिला कलेक्टर तन्वी सुन्द्रियाल ने नये शिक्षा सत्र से खंडवा जिले के स्कूलों में सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है